मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने कहा है कि राज्य सरकार पर्यटन के विकास के लिए प्रतिबद्ध है उन्होंने कहा कि झारखंड के नौजवान मेहनतकश और ईमानदार हैं राज्य के युवाओं में हुनर और काबिलियत की कमी नहीं है जरूरत है उन्हें उचित मंच प्रदान करने की मुख्यमंत्री कल रजरप्पा महोत्सव के उदघाटन समारोह में बोल रहे थे उन्होंने कहा कि राज्य की समी ताकतों और सभी क्षमताओं को एक सूत्र में बांधने की आवश्यकता है

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कल देवघर स्थित बाबा वैद्यनाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर राज्य और देश की ख्रशहाली की कामना की पूजा अर्चना के बाद राष्ट्रपति कल शाम रांची स्थित राजभवन पहुंचे राष्ट्रपति आज रांची से वायुसेना के विमान से रायपुर के लिए रवाना होंगे कल गुमला के बिशुनपुर में आयोजित विकास भारती के कार्यकम में श्री कोविंद ने कहा कि बिशुनपुर की धरती त्याग बलिदान संघर्ष एवं स्वाभिमान की धरती है उन्होंने कहा कि देश बदल रहा है और हम सबको भी बदलने की जरूरत है उन्होंने शिक्षा के विषय चर्चा करते हुए कहा कि शिक्षा ऐसा संसाधन है जो हम अपने बच्चों के साथ साथ लोगों को भी दे सकते हैं उन्होंने कार्यक्रम में उपस्थित लोगों से कहा कि आप अपने बच्चों को स्कूल अवश्य भेजें साथ ही उन्हें अच्छा आचरण दें उन्होंने कहा कि एक अच्छा इंसान बनना शिक्षा की कसौटी है कार्यक्रम में राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू जनजातीय मामलों के केन्द्रीय मंत्री अर्जुन मुण्डा वित्तमंत्री रामेश्वर उराँव सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुंदेलखण्ड एक्सप्रेस वे का कल शिलान्यास किया और बुंदेलखण्ड क्षेत्र के प्रत्येक घर को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए हर घर जल योजना की भी शुरूआत की उन्होंने कहा कि बुंदेलखण्ड एक्सप्रेस वे इस क्षेत्र के लोगों के लिए अवसरों के नए द्वार खोलेगा प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की है

उन्होंने कहा कि सरकार देश के सौ पिछड़े और जनजातीय जिलों में इन संगठनों को पहले स्थापित करेगी इस अवसर पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों को किसान क्रेडिट कार्ड भी वितरित किए

जनजातीय मामले के केन्द्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने आदिवासी शोध संस्थान टीआरआई पर फोकस करते हुए योजनाएं बनाने का निर्देश दिया है श्री मृंण्डा कल राजधानी रांची में केन्द्रीय मंत्रालय के अधिकारियों के साथ झारखंड में चल रही केन्द्रीय योजनाओं की समीक्षा बैठक में बोल रहे थे उन्होंने कहा कि योजनाओं में केंद्र सरकार हरसंभव मदद करेगी श्री मुण्डा ने कहा कि शिक्षा स्वास्थ्य और आजीविका पर फोकस करते हुए अनुसंधान पर अपने सुझाव दें जिससे नीति निर्धारण करने में मदद मिल सके राज्य सरकार अपने प्रस्ताव तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र समय पर उपलब्ध कराए ताकि उन्हें अधिक से अधिक केंद्रीय आवंटन दिया जा सके बैठक में विभाग की सचिव हिमानी पांडे ने केंद्र सरकार की योजनाओं पर चल रहे कार्यों का विस्तृत और अद्यतन ब्यौरा दिया

केन्द्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की ओर से आयोजित यह मेला आठ मार्च तक चलेगा इस मेले में देश के बाईस राज्यों की हूनर दिखेगी रांची में पहली बार लग रहे इस हूनर हाट मेले में काफ्ट के लगभग एक सौ स्टॉल लगाये गए हैं जिसमें जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के उत्पाद उपलब्ध हैं झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी ने सातवीं आठवीं और नौवीं सिविल सेवा परीक्षा का विज्ञापन रद्द कर दिया है अब यह परीक्षा नयी नियमावली के अनुसार होगी इन तीनों परीक्षाओं के लिए आज से ऑनलाइन आवेदन किया जाना था लेकिन राज्य सरकार के आदेश के बाद परीक्षा रद्द करने की अधिसूचना जारी कर दी गयी राज्य सरकार ने आरक्षण नियम को लेकर हुए विवाद के कारण इसे वापस लेने का निर्देश दिया था मुख्य सचिव डॉक्टर डीके तिवारी ने कल राजधानी रांची में कहा कि सरकार ने सातवी आठवीं और नौवीं संयुक्त जेपीएससी परीक्षा प्रक्रिया को वापस ले लिया है श्री तिवारी ने कहा कि एक महीने के अंदर नयी नियमावली बना ली जायेगी और संशोधन के बाद नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला जायेगा राजधानी रांची में राष्ट्रीय जनजातीय आदि महोत्सव का आज दूसरा दिन है भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड और केन्द्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय की ओर से आयोजित इस महोत्सव का उदघाटन कल जनजातीय मामलों के केन्द्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने किया इस महोत्सव में विभिन्न राज्यों के चार सौ जनजातीय शिल्पकार भाग ले रहे हैं रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित इस महोत्सव में सत्ताईस राज्यों के जनजातीय आभूषण आदिवासियों के रहन सहन से जूड़ी सजावट और उपयोग की वस्तुएं उपलब्ध हैं दस दिवसीय इस कार्यक्रम में एक भारत श्रेष्ठ भारत की झलक दिखाई देगी

उन्होंने कहा कि ईरान इटली और दक्षिण कोरिया जैसे देशों में इस संक्रमण की स्थिति को देखते हुए उच्चस्तर की सावधानी बरतने की जरूरत है स्वास्थ्य सचिव ने राज्यों को सलाह दी कि वे खून के नमूनों को एकत्र करने और उनकी जांच के बारे में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करें

मंगलौर यूनिवर्सिटी की धनलक्ष्मी ने रजत और महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी की स्नेहा ने कांस्य पदक जीता

कोडरमा के तिलैया डैम जलाशय में प्रवासी पक्षियों के शिकार के मामले में वन विभाग ने चार लोगों के खिलाफ नामजद मामला दर्ज किया है पलामू गढ़वा के सीमावर्ती चैनपुर मंडरिया मुख्य पथ पर कल एक हाइवा ने बाइक सवार को टक्कर मार दी जिससे घटनास्थल पर ही बाइक सवार की मौत हो गयी चाईबासा स्थित गांधी मैदान में कल कांग्रेस पार्टी की ओर से कोल्हान प्रमंडल स्तरीय सदस्या अभियान की शुरूआत की गयी जिला विधिक सेवा प्राधिकार साहिबगंज और गिरिडीह की ओर से कल लोक अदालत का आयोजन कर कई मामलों का निपटारा किया गया